प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अधक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद बताया कि इस विधेयक में देश हित को सर्वोपरि रखा गया है इसे जल्द संसद में पेश किया जाएगा बाइट आप देखेंगे कि यह बिल के प्रावधान जैसे स्पष्ट होंगे सभी लोग इसका स्वागत करेंगे क्योंकि यह राष्ट्रीय इन्टरेस्ट में है और नेचुरल जस्टिस के इन्टरेस्ट में है और किसी के खिलाफ नहीं है नागरिकता संशोधन विधेयक में विशेष वर्गों में अवैध प्रवासियों को छूट देने के मौजूदा कानून में संशोधन किया जाएगा

इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व को आरक्षण देने वाली व्यवस्था को और दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने को भी मंजूरी दे दी है

भारत बॉण्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कोष को भी स्वीकृति दी गई है इसके जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों को अतिरिक्त धन मुहैया कराया जा सकेगा यह देश में अपनी तरह का पहला कोष होगा इस बारे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन न बताया कि सरकार देश में बॉण्ड बाजार को मजबूत करना चाहती है

इस विधेयक में तीन मौज्दा डीम्ड संस्कृत विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देन का प्रावधान है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से चुनौतियों को अवसर में बदलने की कला सीखने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिये जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बुलन्दी हासिल की है श्री योगी ने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक सोच से वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है श्री योगी आज गोरखपुर में एक शैक्षणिक कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है और यह लक्ष्य को हासिल करने का हौसला देता है अनुशासन ही सुदृढ़ नीव के निर्माण में मदद करता है श्री योगी ने हिमाचल प्रदेश को देश का मुकुट मणि बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के पति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिये विषम परिस्थिति में भी जीवन को कैसे सरल और सुगम बनाया जा सकता है हिमाचल प्रदेश इसका बेहतरीन उदाहरण है इस अवसर पर बोलते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि श्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर निरन्तर आगे बढ़ रहा है और राज्य में सड़क बिजली और शिक्षण संस्थानों जैसे आधारभूत ढांचे में तेजी से सुधार हो रहा है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी नियमों में बदलाव करते हुए पूरी प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया है एक सेवा क्षेत्र में मोबाइल नंबर को दूसरे सेवा प्रदाता तक पोर्ट करने के लिए तीन दिन की समय सीमा तय की गई है जबकि एक सर्किल से दूसरे सर्किल में जाने के लिए पांच दिन की समय सीमा रखी गई है

केन्द्र सरकार ने आज कहा है कि भीड़ हिंसा के बारे में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के सुझाव के आधार पर भारतीय दंड संहिता और आपराधिक कार्यवाही संहिता म संशोधन किये जायेंगे

गृहमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने भीड़ हिंसा पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्रियों राज्यपालों और प्रशासनिक अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं उन्होंने कहा कि सुझावों पर गौर करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी और संबंधित कानून में संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी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

प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने लोगों से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का आहवान किया है

उन्होंने कहा कि ऐसे माता पिता धन्य है जो अपने बच्चों को देश की सीमाओं की रक्षा करने की प्रेरणा और संस्कार देते हैं

राज्य सरकार ने एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली आईजीआरएस और मुख्यमंत्री सहायता कक्ष सीएम हेल्प लाइन के लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं जिससे लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में लोक भवन स्थित कमांड सेन्टर में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि आईजीआरएस और सीएम हेल्प लाइन के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाये

अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के रेलवे स्टेशनों में रेलवे पुलिस थाने बनाने के संबंध में भी विचार विमर्श किया उन्होंने राज्य में डीएनए लैब स्थापित करने की प्रगति की स्थिति भी जानी तथा इसको और तेज करने के निर्देश दिये प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और बरेली जिले के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सपा बसपा और कांग्रेस को प्रदेश के पिछड़ेपन के लिये जिम्मेदार बताया है उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने आपसी मिलीभगत करके प्रदेश को सालों साल लूटने का कार्य किया श्री शर्मा आज बरेली जनपद में समीक्षा बैठक के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो जर्जर व्यवस्था विरासत में मिली उसके पीछे पन्द्रह साल का कुशासन था श्री शर्मा ने कहा कि लोगों ने लम्बे समय तक राम मंदिर के नाम पर राजनीति की हिन्दू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया उन्होंने कहा कि अयोध्या में पर्यटन के लिये लाखों श्रद्वालु पहुंचते हैं और सरकार इस दिशा मं काम कर रही है प्रदेश के सभी पचहत्तर जनपदों में सातवीं आर्थिक गणना के लिये आंकड़ा संग्रहण का कार्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र शुरू किया जायेगा आर्थिक गणना के सफल संपादन और मानीटरिंग के लिये गठित राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने आज कहा कि गणना का आंकड़ा संग्रहण और प्रथम स्तर का पर्यवेक्षण कार्य कॉमन सर्विस सेन्टर के द्वारा नियुक्त प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के माध्यम से निर्धारित समय में पूर्ण कराया जायेगा उन्होंने कहा कि इस गणना के कार्य में किसी भी प्रकार की भांति पैदा न हो इसके लिये उद्यमियों और व्यापारियों को पहले से ही सूचित कर दिया जाये गौरतलब है कि आर्थिक गणना देश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित सभी उद्यमों और इकाईयों की गणना है जिसमें कृषि उत्पादन और बागवानी को छोड़कर सभी इकाईया जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के कार्य में लगे होते हैं उनकी गणना की जाती है आज नौसेना दिवस पर देश नौसेना को नमन कर रहा है

इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं नौसेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल अनिल चावला ने कोच्चि स्थित युद्ध स्मारक पर शहीद नौसैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौसेना की बहुमूल्य सेवा और बलिदान से हमारा देश मजबूत और सुरक्षित है श्री मोदी ने नौसेना दिवस पर जवानों के साहस को नमन किया